कोरोना वायरस के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज निकायों के जन प्रतिनिधियों अधिकारियों और सफाई कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाये गये कार्यो के संबंध में इन लोगों से विस्तार से चर्चा करेंगे इस दौरान नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा तथा मुख्य सचिव राजीव स्वरूप भी सम्बोधित करेंगे

आयोग ने मानसिक रोगियों को चिन्हित करने के लिए सामाजिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सर्वे और इन मरीजों को दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी मांगी है अजमेर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के के सोनी ने बताया कि जिले के सभी चिकित्सा केंद्रों से ऐसे मरीजों की सूची तलब कर ली गई है केन्द्र संरक्षित सभी स्मारक स्थल आज सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करते हुए खुल गये है केवल उन्हीं स्मारकों और संग्रहालयों को खोला गया है जो कंटेनमेंट जोन में नही है केन्द्र संरक्षित सभी स्मारक और पर्यटन स्थलों को साफ सफाई सुरक्षित दूरी बनाये रखने और स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी अन्य नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करवाई जा रही है वहीं राज्य और जिला प्रशासन के विशेष निर्देश भी सख्ती से लागू किये जायेंगे

इस बीच आज से जयपुर में जयगढ का किला भी पर्यटको के लिए खोल दिया गया है

इससे विधार्थियों में राष्ट्रप्रेम की भावना जागरूक होगी